आज का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है और इस दौरान विधायक रामलाल ठाकुर प्रदेश में रेलवे लाइन के विस्तारीकरण को सुदृढ़ करने को लेकर संकल्प प्रस्तुत करेंगे इसी तरह विधायक रमेश धवाला प्रदेश में लगातार सूख रहे पेयजल स्त्रोतों तथा गिरते जलस्तर के सुधार के लिए नीति बनाने के संबंध में संकल्प पेश करेंगे कैबिनेट बैठक प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज विघानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक में कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा होगी इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कोरोना मामलों को लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके आधार पर सरकार कंटेनमेंट जोन में कुछ बंदिशें लगा सकती है राजस्व विभाग से जुड़े लैंड सीलिंग एक्ट और लैंड रैवन्यू एक्ट को संशोधन के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है कोरोना प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है

पोषण चंबा ज़िले मेँ जनसाली वार्ड के रामगढ़ में कल ज़िला महिला व बाल विकास विभाग द्वारा पोषण पखवाड़े के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान महिलाओं को पोषण के संबंध में जागरूक किया गया इसके अलावा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई